अर्थव्यवस्था अमरीकी क्रोडिट रेटिंग एजेंसी फिच के अनुसार वर्तमान वित्त वर्ष में गिरावट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के अगले वित्तीय वर्ष में तेजी से बढ़कर नौ दशमलव पांच प्रतिशत पर पहुंचने की संभावना है एजेंसी ने आगामी वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में पांच प्रतिशत की गिरावट का अनुमान व्यक्त किया है

मंत्रालय ने विषयवार अलग अलग सूचियां भी जारी की है

इन्हें आज विभिन्न कोविड सेंटरों से छूट्टी दी गई

इस बीच कोरोना से अब तक अछूते रहे निवाड़ी जिले में भी दो मरीजों का पता चला है

कोरोना योद्धा कोरोना कि इस महामारी के बीच दिव्यांग होकर भी मंदसौर जिले के भानपुरा ब्लॉक के प्रेम पुरिया गांव की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कंचन बाई गायरी कोरोना योद्धा के रूप में अपना फर्ज निभा रही हैं

जिसमें ऑनलाइन संगीत चित्रकला अभिनय साहित्य वादन मूर्ति कला जैसी कलाओ के प्रशिक्षण का लाभ बच्चे ऑनलाइन घर बैठे ले रहे हैं जवाहर बाल भवन के संचालक उमाशंकर नगाइच ने बताया कि बच्चों का उत्साह वर्धन करने के लिए राज्य बालश्री प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है

बच्चों को संगीत का ऑनलाइन प्रशिक्षण दे रही डॉ शिप्रा सुल्लेरे ने आकाशवाणी को बताया कि इससे बच्चों की प्रतिभा निखर रही है

भोपाल में सुबह से ही बादल छाये हुए हैं वहीं कई स्थानों पर बूंदाबांदी भी हुई मंदसौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मॉनसून आने के पहले ही शहर और आसपास झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रहा यहां शाम को तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से कई इलाकों में पेड़ गिर गये होशंगाबाद में भी आज दिनभर बादल छाये रहे डिंडोरी और मंडला में आज दोपहर बाद तेज बारिश हई